लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिए प्रचार जोरों पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और स्टार प्रचारक कर रहे हैं चुनावी सभाएं और रोड शो भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल कुशीनगर और देवरिया में की जनसभाएं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मिर्जापुर और सोनभद्र में चुनावी सभा को किया सम्बोधित उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का अतंर्राष्ट्रीय समुदाय से करूणा और विवेक पर आधारित सौहार्द और न्याय को बढ़ावा देने के लिये मिल कर काम करने का आग्रह लोकसभा चुनाव के छठे चरण में प्रदेश की चौदह सीटों पर कल कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण ढंग से मतदान सम्पन्न हो गया आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इन सभी सीटों पर शाम छह बजे तक चौवन प्रतिशत से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया इस चरण में सुल्तानपुर प्रतापगढ़ फूलपुर इलाहाबाद अम्बेडकरनगर श्रावस्ती डुमरियागंज बस्ती संतकबीरनगर लालगंज आजमगढ़ जौनपुर मछलीशहर और भदोही संसदीय सीटें शामिल हैं पहली बार मतदान करने वाले युवा मतदाताओं और महिलाओं में काफी उत्साह देखा गया चुनाव आयोग ने मतदान स्थलों पर दिव्यांगों और महिलाओं के लिए विशेष प्रबन्ध किए थे मतदान के लिए सोलह हजार नौ सौ अन्ठानबे मतदान केन्द्र बनाए गए थे छठें चरण के मतदान में कई दिग्गजों का चुनावी भविष्य ईवीएम में कैद हो गय जिसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव भाजपा नेता और केन्द्रीय मंत्री मेनका गांधी भाजपा नेता जगदम्बिका पाल हरीश ट्विवेदी व कांग्रेस नेता डॉक्टर संजय सिंह शामिल हैं लोकसभा चुनाव के सातवें और आखिरी चरण में प्रदेश की तेरह संसदीय सीटों पर उन्नीस मई को मतदान होगा सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक विभिन्न स्थानों पर चुनावी रैली और जनसभाए कर रहे हैं इसी कम में भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल देवरिया और कुशीनगर जिले में चुनावी रैलियों को सम्बोधित किया प्रधानमंत्री ने भगवान बुद्द की परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में आयोजित विजय संकल्प रैली को सम्बोधित करते हुए कहा कि पिछले पांच वर्षो के दौरान उन्होंने सरकार की कार्य संस्कृति को बदल दिया है उनका सपना है कि भारत एक मजबूत राष्ट्र बने उन्होंने कहा कि पांच चरणों का चुनाव सम्पन्न हो चुका है और विरोधी दल जो ख्वाब देख रहे थे वह चकनाचूर हो गया है पांच चरणों के चुनाव हो चुके हैं

बौखलाये हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इस चौकीदार पर देश के सेवक पर लोगों का इतना प्यार क्यों उमड़ रहा है भाईयों और बहनों आज दुनिया में जो भारत की गूंज सुनाई दे रही है देशहित के लिए भारतीय जनता पार्टी को और मोदी को वोट दे रहा हैं देवरिया में एक अन्य रैली को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक मजबूत सरकार ही आतंकवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सकती है श्री मोदी ने कहा कि ये चुनाव न सांसद बनने के लिए है और न ही मंत्री बनने के लिए है बल्कि ये देश को एक नई ऊँचाई पर ले जाने के लिए है प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि इस तपती हुई धूप में आप जिस तरह खड़े हैं यह उत्साह यह बता रहा है कि आने वाले समय में भाजपा की सरकार बनने जा रही है इतनी चिलचिलाती ध्रम में वह तप रहे हैं

यह कार्यक्रम इसरो के चार केन्द्रों में आज से आवासीय ग्रीष्मकालीन अवकाश प्रशिक्षण के तौर पर दिया जाएगा इसरो के अध्यक्ष डॉ के शिवन आज बेंगलुरु में कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे लोकसभा के सातवें चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मिर्जापुर में एक चुनावी रैली को सम्बोधित करते हुए कहा कि सपा बसपा और रालोद गठबंधन देश में एक महान परिवर्तन के लिए है श्री यादव ने आरोप लगाया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कोई विकास कार्य नहीं किया है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की दोषपूर्ण नीतियों के कारण किसानों और व्यापारियों की स्थिति खराब हो गयी है सपा अव्यक्ष ने कहा कि यह गठबंधन सामाजिक न्याय के लिए है और इसके बिना लोग विकास समृद्धि और सामाजिक न्याय प्राप्त नहीं कर सकते सोनभद्र में अखिलेश यादव ने एक अन्य रैली को सम्बोधित करते हुए कहा कि गठबंधन की सरकार बनने पर समाजवादी पेंशन की सीमा तीन हजार होगी और लोहिया आवास के लिए चार लाख रूपये दिये जायेंगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर ने सोनभद्र के राबर्ट्सगंज और चंदौली में आयोजित रैली को सम्बोधित करते हुए केन्द्र सरकार पर जमकर प्रहार किया उन्होंने भाजपा पर झूठी बयानबाजी कर जनता से वोट मांगने का आरोप लगाया वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केन्द्रीय मंत्री गुलाब नबी आजाद ने महराजगंज में चुनावी रैली में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने पिछले लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में किया कोई भी वायदा पूरा नहीं किया उन्होंने कांग्रेस की न्याय योजना का जिक करते हुए कहा कि इससे गरीबों और किसानों का भला होगा

उन्होंने कहा कि सीमित प्राकृतिक संसाधनों को देखते हुए सतत उपभोग और उत्पादन के जरिये ही समाज को बेहतर बनाया जा सकता है श्री नायडू ने कहा कि आतंकवाद का बढ़ता खतरा विनाशकारी भावना को दर्शाता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कांग्रेस पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और नोटबंदी के बारे में झूठी अफवाहें फैलाने का आरोप लगाया है श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने विकास के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल की हैं तथा अगले पांच वर्षो में आम लोगों के सपनों को साकार करने के लिये और कटिन परिश्रम करेगी उन्होंने विपक्ष पर लोगों से झूठे वादे करने और साम्प्रदायिक एजेंडे पर चलने का आरोप लगाया श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस के नेता अदालत से दोषी ठहराये गये लोगों से मिल रहे हैं लेकिन ये अलगाववादियों से कड़ाई से निपटना जारी रखेंगे

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि चंद्रयान दो का लैंडर छः सितम्बर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रव को स्पर्श करेगा चंद्रयान दो को भारत के सबसे शक्तिशाली रॉकेट जीएसएलवी मार्क तीन से छोड़ा जाएगा चंद्रयान दो भारत को चंद्रमा की सतह से अध्ययन और अनुसंधान करने वाले दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल कर देगा भारत और बंगलादेश संयुक्त रूप से बंग बंधु शेख मुजीबुर्रहमान के जीवन पर आधारित फिल्म बनाएंगे इसका निर्देशन जाने माने भारतीय फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल करेंगे इस संबंध में बंगलादेश के शिष्टमण्डल के साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अमित खरे के नेतृत्व में कल नई दिल्ली में एक बैठक हुई अमित खरे ने कहा कि दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच संयुक्त रूप से फिल्मे बनाने पर सहमति हुई और इससे आकाशवाणी और दूरदर्शन जैसे संचार माध्यमों के बीच संबंध और प्रगाढ़ होंगे उत्तराखण्ड में बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने के साथ चार धाम यात्रा शुरू हो गई है कड़ाके की ठंड के बावजूद बद्रीनाथ मंदिर में करीब दस हजार से अधिक श्रद्वालुओं ने पूजा अर्चना की ब्रह्म मुहुर्त में सुबह चार बजे वैदिक मंत्रोच्चार के बीच नर नारायण पर्वत के बीच स्थित मंदिर के कपाट खोले गए इस अवसर पर गढ़वाल राइफल के जवानों ने बैंड बाजों के जरिये वातावरण को भक्तिमय बना दिया